सीबीएसई और जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा चार मई से होगी भारू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

राज्य में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का ऑनलाइन उदघाटन कल कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम से की ऋण माफी की शुरूआत जामताड़ा के किसान मोलेन्द्र बेसरा से की गई इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि अगले पचास दिनों के अंदर दो हजार करोड़ रूपये का ऋण माफ करना है यह तभी संभव होगा जब इसमें बैंकर ही सहयोग करेंगे इस योजना का लाभ करीब नौ लाख किसानों को मिला है उन्होंने कहा कि इस योजना में सरकार ने किसानों के साथ साथ बैंकों को हितों का भी ध्यान रखा है इसे सफल करने में बैंकों और प्रज्ञा केन्द्र संचालकों की भूमिका महत्वपूण रहेगी

श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का बजट अवसरों का बजट है जिससे व्यापक क्षेत्रों में वृद्धि होगी श्री मोदी ने द्वीट संदेशों में कहा कि यह बजट जीवन को और सुगम बनाएगा और व्यक्तियों निवेशकों उद्योग जगत और बुनियादी ढांचे में कई सकारात्मक बदलाव लाएगा उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य पूंजी सुजित करना और कल्याण कार्यों को और बेहतर बनाना है श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस बजट में स्वास्थ्य सेवा पर असाधारण रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है साथ ही अनुसंधान और नवाचार पर भी काफी ध्यान दिया गया है उन्होंने कहा कि इसमें रोजगार सुजन को बढ़ावा देने का प्रयास भी स्पष्ट दिखता है उन्होंने कहा कि इससे ऋण उपलब्यता बेहतर होगी और कृषि उपज विपणन समिति एपीएमसी तंत्र मजबूत बनाया जाएगा

राज्य में अब लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की संख्या कम हो रही है

जबकि रांची जिले से एक मरीज की मौत हुई है

राज्य के निचली अदालतों में आज से फिजिकल सुनवाई शुरू हो गई है हाईकोर्ट में चौदह जनवरी को इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई थी करीब दस महीने बाद फिजिकल सुनवाई हो रही है हाईकोर्ट ने फिजिकल सुनवाई के लिए अदालतों को तीन श्रेणी में बांटा है जिन जिलों में कोरोना के पचास से कम सक्रिय केस हैं वहां पचास फीसदी फिजिकल कोर्ट बैठेगी जिन जिलों में पचास से सौ तक सक्रिय केस हैं वहां एक तिहाई फिजिकल और दो तिहाई वर्चुअल कोर्ट बैठेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन गुरुवार को करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में चौरी चौरा महत्वपूर्ण घटना के सौ वर्ष पूरे होने पर दो दिन का शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक डाक टिकट इस घटना को समर्पित करेंगे इस अवसर पर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे

इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि भारत विश्व के कुछ उन देशों में से एक है जहां आर्द्रभूमि के संरक्षण और उसका लेखाजोखा रखने के लिए सुदूर संवेदी तकनीक का प्रयोग किया जाता है

हर वर्ष दो फरवरी को यह दिन इस पृथ्वी पर लोगों को आर्द्र भूमि की जीवंत भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है

झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं चार मई से इक्कीस मई तक आयोजित की जाएंगी प्रथम पाली में मैट्रिक की परीक्षा और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होगी इससे पूर्व छह अप्रैल से प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू होंगी यह जानकारी जैक अध्यक्ष ने दी है वहीं सीबीएसई ने भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा चार मई से लेने की घोषणा की है

प्रायोगिक परीक्षाएं एक मार्च से शुरू होंगी वहीं परीक्षा परिणाम पन्द्रह जुलाई कों प्रकाशित किया जाएगा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल रात दुमका में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सेंट्रल इमरजेंसी केजुअल्टी वार्ड ममता वाहन कॉल सेंटर सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम और मातृत्व एवं नवजात शिशु विभाग के नार्थ वार्ड ब्लॉक डॉक्टर्स रूम नर्सेज रूम और स्टोर रूम आदि का जायजा लिया मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रबंधन से कहा कि वे मरीजों को बेहतर इलाज में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते मरीजों को सरकार द्वारा उपलब्ध सभी सुविधाए मिलनी चाहिए अगर किसी तरह की शिकायत मिलती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री ने यहां उपलब्ध सुविधाओं और जरूरतों की भी जानकारी ली रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आम बजट में विस्टाडोम कोच को शामिल किया गया है उन्होंने कहा कि झारखंड को विस्टाडोम कोच मिलेगा साथ ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सोन नगर से गोमो तक पहले फेज में न्यू कोडरमा और न्यू गोमो दो नया जकंशन बनेगा और दूसरे फेज में गोमो से दानपूनी तक काम शुरू होगा केन्द्रीय वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आदिवासी विधार्थियों के लिए सात सौ पचास नए एकलव्य आवासीय विधालय खोलने की घोषणा की है इनमें से उनहतर नए एकलव्य आवासीय विधालय केवल झारखंड में खोले जाएंगे तेईस एकलव्य आवासीय विधालय झारखंड के लिए पहले ही राज्य के लिए आवंटित हो चुके हैं नए उनहतर एकलव्य विधालयों के दो हजार बाईस तक तैयार हो जाने के बाद प्रदेश में एकलव्य विधालयों की संख्या बिरानबे हो जाएगी संक्षिप्त खबरें आज से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए विमान सेवा की शुरुआत हो रही है

यह विमान सप्ताह में तीन दिन मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार को है

तेतुलमारी पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है सिमडेगा पुलिस ने जाली नोटों का अंतरराज्यीय करोबार करनेवाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने जाली नोट छापने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सामानों को भी जब्त किया है

जमशेदपुर स्थित लक्ष्य फॉर डिफरेन्टली एबल संस्था दृष्टि बाधित दिव्यांग जनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है ये संस्था झारखंड के युनिवर्सिटी और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सुगम्य पुस्तक बना चुकी है जिसके माध्यम से दृष्टिबाधित जन अपने उपकरण जैसे मोबाईल कम्प्यूटर टैबलेट के माध्यम से खुद से पुस्तक पढ़ सकते हैं राज्य में शीतलहर का असर दिख रहा है राजधानी रांची सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले तीन दिनों तक ठंढ से राहत नहीं मिलेगी

वहीं कांके का न्यूनतम तापमान दो डिग्री और मैक्लूस्कीगंज का एक डिग्री दर्ज किया गया इधर धनबाद जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है मौसम में ठंडक अभी कई दिनों तक बनी रहेगी

मौसम वैज्ञानिक अमिषेक आनंद के अनुसार उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होनेवाला है इस वजह से चार फरवरी से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी पांच को राज्य के कई हिस्सों में हल्की फुहारे भी बरस सकती हैं